कोविड महामारी से देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

सीएम इस्तीफा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है

इस्तीफे के बाद हई पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें म्ख्यमंत्री बनाकर जनता की सेवा करने का अवसर दिया इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र महिलाओं के उत्थान किसानों औऱ स्वरोजगार के लिए कई कार्य किये गए उन्होंने कहा कि कल पार्टी मुख्यालय पर भाजपा विधायकों की सुबह दस बजे बैठक होगी जिसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे और नये म्ख्यमंत्री के नाम पर फैसला किया जाएगा

उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज जल्द बनाने के लिए शासन को डीपीआर भेजी गई है डीपीआर मंजूर होते ही मेडिकल कॉलेज का कार्य शुरू हो जाएगा स्वास्थ्य सचिव ने जिला चिकित्सालय में स्थापित आईसीयू रूम ओपीडी प्रसव वार्ड डायलिसिस वार्ड का निरीक्षण किया

यहां मेलाधिकारी दीपक रावत जिलाधिकारी सी रविशंकर आईजी कृंभ संजय गूंज्याल ने पेशवाई का स्वागत किया इससे पहले कल आगामी महाशिव रात्रि पर्व और शाही स्नान को लेकर समीक्षा बैठक हई

उन्होंने महाशिवरात्रि शाही स्नान को गंभीरता से लेने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जो श्रद्धाल् शहर में आ च्के हैं और होटल धर्मशालाओं ठहरे हैं उनकी कोविड जांच जाएगी

टीम के साथ प्लिसकर्मी भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहेंगे केदारनाथ निरीक्षण रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मन्ज गोयल ने आगामी केदारनाथ यात्रा को देखते हए गौरीकृंड से धाम तक पैदल मार्ग में गतिमान पुनर्निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को समय पर ग्रणवत्तापूर्वक निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कार्यो में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यो के निरीक्षण के लिएर जिलाधिकारी संबंधित अधिकारियों के साथ केदार धाम पहुंचे उन्होंने कहा कि स्मृति वन के लिए भीमबली के सामने का स्थल उपयुक्त पाया गया है जहां जल्द ही स्मृति वन विकसित किया जाएगा उन्होंने केदारनाथ पैदल मार्ग में खाली स्थानों में दुकानों की संख्या को बढ़ाने वॉटर एटीएम उपय्क्त जगहों पर लगाने रामबाड़ा के निकट स्मृति वन और व्यू प्वाइंट के लिए कार्ययोजना तैयार करने औरव और क्बेर गदेरा में बर्फ काटकर रास्ता बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए कॉफी विद डीएम बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए बागेश्वर में बाल विकास विभाग ने कॉफी विद डीएम कार्यक्रम का आयोजन किया कार्यक्रम में छात्राओं ने विभिन्न क्षेत्रों में करियर निर्माण को लेकर सवाल पूछे जिसके जवाब मौजूद अधिकारियों ने दिये जिलाधिकारी विनीत क्मार ने कहा कि कार्यक्रम का म्ख्य उद्देश्य बालिकाओं में जागरूकता लाना है उन्होंने बताया कि सिविल सर्विस के लिए कोचिंग जरूरी नहीं है आज के समय में अब इंटनेट के माध्यम से भी पूरी तैयारी की जा सकती है उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और लगन के साथ आत्मविश्वास का होना भी जरूरी है उन्होंने शिक्षा ऋण और करियर काउंसलिंग के बारे में छात्राओं को जानकारी दी कार्यक्रम में प्लिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कहा कि आईपीएस में बालिकाओं के लिए बहत अधिक संभावनाएं हैं कड़ी मेहतन और लगन से छात्राएं आईपीएस बन सकती हैं